प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकास के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ रहा है पेरिस में यूनेस्को भवन में आज भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की जनता ने उन्हें न्यू इंडिया के निर्माण के लिए शानदार जनादेश दिया श्री मोदी ने कहा न्यू इंडिया में भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद जनता के पैसे की लूट और आतंकवाद पर शिकंजा कस रहा है उन्होंने कहा उनकी सरकार ने ट्रिपल तालक की कुप्रथा को खत्म कर दिया क्योंकि नये भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता श्री मोदी ने कहा भारत जलवायु परिवर्तन के दो हजार तीस तक हासिल किये जाने वाले ज्यादातर लक्ष्यों को अगले साल डेढ़ साल में हासिल कर लेगा एके सैंतालीस और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में फरार चल रहे मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह ने आज दिल्ली की साकेत अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया अदालत ने दिल्ली पुलिस को उन्हें पटना जिले के बाढ़ कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है इधर पटना पुलिस की विशेष टीम अनंत सिंह को ट्राजिट रिमांड पर लाने के लिए दिल्ली रवाना हो चुकी है गौरतलब है कि अनंत सिंह सोलह अगस्त से फरार चल रहे थे अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिद्धंदता के कारण उन्हें फंसाया गया है उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है

डीजीपी ग्रप्तेश्वर पांडेय ने मोस्ट वांडेट अपराधियों पर सख्ती और उनके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई के साथ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही गांवों में छुपे अपराधियों का डाटा तैयार किया जायेगा इस डाटा में अपराधियों का नाम पता फोटो और अपराध की जानकारी दर्ज होगी पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यदि घर का कोई भी सदस्य अपराधी है तो परिवार के अन्य सदस्यों के हथियार का लाईसेंस रद्द कर दिया जायेगा केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी भी इसी कार्रवाई का हिस्सा है बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कांग्रेस पर गिरफ्तारी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है श्री सिंह ने एक अन्य सवाल के जवाब में कहा कि कूटनीति के कारण ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है राज्य सरकार ने प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के लिए केन्द्र से दो हजार करोड़ रूपये की मांग की है सड़कों की सूची और खर्च के बारे में ब्यौरा केन्द्र को सौंप दिया गया है राज्य में विनाशकारी बाढ़ से तीन हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं इनमें ज्यादातर सड़कें दरभंगा मधुबनी और पूर्वी चंपारण में हैं भीषण बाढ़ से छप्पन पुलों को भी नुकसान पहुंचा इस बीच जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में जलस्तर कम होने के बाद यातायात बहाल कर दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये एक करोड़ रुपये का अंशदान दिया है बैंक की ओर से प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार गुप्ता और मुख्य महाप्रबंधक महेश गोयल ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक करोड़ रुपये का चेक राहत कोष के लिए सौंपा पटना जिले के हाथीदह इलाके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की पटना इकाई ने एक तेल टैंकर से सात सौ पचास किलोग्राम गांजा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है सूचना मिली थी कि तेल टैंकर के माध्यम से भारी मात्रा में गांजा असम के गुवाहाटी से बिहार के लखीसराय भेजा गया है इस सूचना के आधार पर अवैध गांजा बरामद किया गया अरवल जिले में अनेक मामलों में अभियुक्त और वर्षो से फरार चल रहे बच्चन कहार को गिरफ्तार किया गया है एएसपी अयोध्या सिंह ने बताया कि बैदराबाद बस स्टैंड के पास से गुप्त सूचना के आधार पर बच्चन कहार को गिरफ्तार किया गया है उस पर जहानाबाद और अरवल जिले में अनेक थानों में दर्जनों अपराधिक मामले दर्ज हैं और वह लगभग दस वर्षों से फरार चल रहा था वह अनेक नक्सली वारदातों में भी शामिल था प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आकाशवाणी से रविवार सवेरे ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मन की बात का यह तीसरा संस्करण होगा मन की बात आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आई एन पर उपलब्ध रहेगा इसे प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ऑल इंडिया रेडियो तथा डी डी न्यूज के यू ट्यूब चौनलों से सीधा प्रसारित किया जायेगा मन की बात के आकाशवाणी से प्रसारण के तुरंत बाद प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण होगा तथा क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में इसे रात आठ बजे से दोबारा सुना जा सकेगा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार पिछले कुछ दिनों से दलहनों तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर निगाह रखें हुए हैं अपने ट्वीट संदेशों में श्री पासवान ने कहा है कि दालों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण जमाखोरों द्वारा दलहनों और तेल की कीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी का महौल बनाया जाना है श्री पासवान ने यह भी कहा कि सरकार के पास दलहनों और तिलहनों का बड़ा भंडार उपलब्ध है उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने कृ षि मंत्रालय को एक पत्र लिखकर नाफेड से खरीदे गए दलहनों और तिलहनों के सारे भंडार को तत्काल बेचने को कहा है ताकि उपभोक्ताओं को ये चीजें वाजिब दाम पर मिलती रहे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आज धार्मिक और उल्लासपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है

कृष्णाष्टमी को लेकर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है हमारे संवाददाताओं ने ख़बर दी है कि इस अवसर पर कई जगहों पर शोभायात्राओं दही हांडी प्रतियोगिताओं और झांकियों का आयोजन किया जा रहा है मंदिरों में मध्य रात्रि में श्रीकृष्ण का पूजा की जायेगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर राज्यपाल फागु चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं

इस मौके पर पटना में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सूचना और जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि चंपारण सत्याग्रह में पंडित शुक्ल के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है उन्होंने कहा कि उनके योगदान से ही नीलहो के अत्याचार से किसानों को मुक्ति मिली लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ने कहा कि पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से ही महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया पंडित शुक्ल के नाती रविभूषण राय ने कहा कि शुक्ल जी की त्याग और तपस्या की बदौलत ही आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं

दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने आज एक ऑटो रिक्शा से दो सौ पैंतीस बोतल नेपाली शराब बरामद कर तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान अवैध शराब के साथ सात कारोबारी को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले में दो अलग अलग घटनाओं में करंट लगने से दो लोगों की मौत हो गयी और एक महिला गंभीर रूप से झुलस गयी शेखपुरा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से कुख्यात अपराध विवेक कुमार सिंह को उसके दो साथियों के साथ गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले में अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पिछले चौबीस घंटे में पुलिस ने उनहत्तर अपराधियों को गिरफ्तार किया वहीं पटना में पुलिस ने चौदह लाख रूपये के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है